उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गुजराती फिल्म हिलारो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं पांच मार्च से शुरू होंगी

जयपुर में आयोजित ये शांतिमार्च विभिन्न राजनैतिक दलों और सामाजिक संस्थानों की ओर से निकाला गया था जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था शांति मार्च के बाद आयोजित सभा को कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव ने कहा कि देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी कानून संविधान के विरुद्ध हैं इन्हें वापस लिया जाये

एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे गौरतलब है कि शांति मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा इसमें ना तो किसी के विरोध में नारे लगे और ना ही किसी भी दल के झण्डे नजर आये

श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा हिन्दुस्तान की भिट्टी के मुसलमान जिनके पूवर्ज मां भारती की संतान हैंउनका नागरिकता कानून या एनआरसी से कोई लेनादेना नहीं हैं उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डिटेंशन केन्द्रों में भेजने की अफवाह फैलायी जा रही है जो सफेद झूठ है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार देंगे गुजराती फिल्म हिलारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान खुराना को फिल्म अँघाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ॅफिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा

नाथद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने ये चैक दिए

दल ने तनोट और लौंगेवाला पहुंचकर बल के अधिकारियों से मुलाकात की सदस्यों ने लौंगेवाला में जवानों के शौर्य की जानकारी ली

इसमें दोनों संस्थानों में शिक्षा तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को संस्थान की फैकल्टी द्वारा जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

हादसा हनुमानगढ रोड़ पर सिया गांववाली के पास हुआ

दुर्घटना के बाद ट्रेक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया जिले में ही एक अन्य हादसे में अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई झालावाड जिले के बकानी में वेन और ट्रेक्टर की टक्कर में वेन चालक की मौके पर ही मौत हो गई